सदन की कार्यवाही शुरु होते ही अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने श्री तिवारी पूर्व विधायक सुरेश सेठ पूरन सिंह बेडिया तातुलाल अहिरवार केशरबाई डामर पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रघुनाथ झा और डॉ बोल्ला बुल्ली रमैया मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सचिव भरत नारायण श्रीवास्तव और जम्म कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद जवानों के निधन का उल्लेख किया दिवंगत श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खांटी समाजवादी नेता श्री तिवारी की सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों में कार्यप्रणाली अदम्य साहस से भरी रही जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए ग्वालियर जिले के जवान राम अवतार को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर उनके परिजन को एक करोड रुपए की श्रद्धानिधि दिए जाने का निर्णय किया है

सदन स्थगित होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया उपचुनाव मतगणना शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर जिले की मुंगावली उपचुनाव के नतीजे कल आ जायेंगे इसके लिए मतगणना की तैयारियां प्री कर ली गई है

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि कोलारस के आईटीआई भवन में होने वाली मतगणना के लिए आज कलेक्टर और एसपी ने यहां का निरीक्षण किया स्ट्रांग रूम के बाहर और आईटीआई केन्द्र के भीतर सुरक्षा के कडे इंतजाम किये गये हैं वहीं मुंगावली में शासकीय नेहरू महाविद्यालय में मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी

दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में बल तैनात रहेगा मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा तथा माइक्रो आब्जर्वर की उपस्थिति में मतगणना संपन्न होगी केन्द्रीय सहायता पिछले साल खरीब के मौसम में सुखे के कारण हुए नुकसान से निपटने के लिये मध्यप्रदेश को केन्द्र की तरफ से आठ अरब छत्तीस करोड रूपये की सहायता राशि दी जायेगी साथ ही छत्तीसगढ को तीन अरब छियानवे करोड़ रूपये की राशि मिलेगी गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति र्न इसके लिये मंजूरी दी है टीकाकरण सत्र प्रदेश में सभी टीकाकरण सत्र नियमित रूप से आयोजित किये जाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है किसी भी स्थान पर पूर्व से नियोजित टीकाकरण सत्रों को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र के मिशन संचालक एसविश्वनाथन ने संविदा स्वास्थ्य कर्भियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में की गई इस व्यवस्था की जानकारी दी

यदि किसी स्थल पर टीकाकरण सत्र निर्धारित दिन को नहीं हो पाता है तो उसके अगले दिन सत्र आयोजित करवाया जायेगा

इस बात को ध्यान में रखते हुए शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था एक अप्रैल के बाद की जायेगी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन मणिपुर का प्रंगचोलम लोकनृत्य की प्रस्तृति हई वहीं दूसरे दिन आज मणिप्र की खंबा थोइबि नृत्य और लाइ हरबा की प्रस्तुति होगी साथ ही कथक की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी